भिवानी और जगाधरी के ईएसआई अस्पतालों में एकीकृत एडस एवं परामर्श केन्द्र का शुभारंभ किया गया

अदालत ने उन्हें दो दिन के प्लिस रिमांड पर भेजा केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि सरकार सूक्षम लघ् और मध्यम उदयोग के क्षेत्र में पांच करोड़ नये रोज़गार पैदा करने का लक्ष्य है

उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कृषि और जनजातीय क्षेत्रों से शहरों और कस्बों तक बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवास को रोकना है श्री गड़करी ने यह भी कहा कि उदयोग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग दवारा किये गये उपायों के माध्यम से सूक्ष्म लघ् और माध्यम इकाईयों को लाइसेंस लेने के लिए उत्साहित किया जा रहा है क्योंकि ज्ञान का धन में बदलना अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फिलहाल पैट्रोल और डीज़ल पर कोई नया कर नहीं लगाया जा रहा आज लोकसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हये उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पैट्रोल और डीज़ल पर कर को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है भारतीय जानकारी के रोहतक कार्यलय में आज पूर्व म्ख्यमंत्री स्वर्गीय डा मंगलसेन को उनकी प्ण्यतिथि पर याद किया गया पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व बीजेपी नेता के अन्य कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्वास्मन अर्पित किये

नया अस्पताल सभी आध्निक स्विधाओं से युक्त होगा एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आठ एकड़ में बने वाले इस नये अस्पताल का नक्शा तैयार हो च्का है और प्राने भवन को इस महीनें प्री तरह से खाली कर दिया जायेगा ताकि नये साल से पहले नये अस्पता का निर्माण कार्य श्रू हो सके ग्रूग्राम के म्ख्य चिकित्सा अधिकारी जे एस पूनिया ने बताया कि इस अस्पताल के बनने से गरीब मरीजों को निजी अस्पताल से बेहतर इलाज मिलेगा उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके निर्माण की मंजूरी दे दी है और शीघ्र ही इस पर काम शुरू होगा

केन्द्र सरकार की इस प्रम्ख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिपथीरिया काली खांसी टेटनस पोलियो तपेदिक खसरा मस्तिक ज्वर और हेपेटाईटस बी जैसे आठ रोगों से बचाव के टीके लगाना है

सघन मिशन इंद्रधन्ष अभियान के द्रसरे चरण के तहत आज पलवल की दया बस्ती में पूर्ण टीकाकरण अभियान चलाया गया हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान का श्भारंभ पलवल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दीपक मंगला ने किया

उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए अभिभावक भी अपना पूर्ण सहयोग दें

विश्व एडस दिवस के उपलक्ष्य में आज पंचक्ला में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इस मौके पर अपने सम्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने कहा कि सड़क किसारें बने ाबों व झ्ग्गी झोपड़ी में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने की जरूरत है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पंचक्ला में एडस जांच केन्द्र खोलने का सुझाव भी दिया

अस्पताल के सिविल सर्जन डा अदित्य स्वरूप ग्प्ता ने इस केन्द्र का श्भारंभ किया और बताया कि इस केन्द्र में एचआईवी एडस की निश्ल्क जांच व परामर्श की स्विधा दी जा रही है जिससे लोगों मे एडस के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी उल्लेखनीय है कि भिवानी जिले के सामान्य अस्पताल और तोशाम सिवानी लोहारू बवानीखेड़ा सहित मानहेड़ व कैरू की सीएचसी में यह भी स्विधा दी जा रही है विश्व एडज दिवस के उपलक्ष्य में आज यम्नानगर के म्कंद लाल जिला नागरिक अस्पताल के सौजन्य से जगाधरी के ईएसआई अस्पताल में एकीकृत ऐडस परामर्श एवं जांच केन्द्र का श्भारंभ किया गया केन्द्र का उदघाटन यम्नानगर जिला नागरिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक विजय दहिया ने किया ये जिले का आठवां केन्द्र है लाइवा से इंडियन नैशनल लोकदल के विधायक रह चुके शेर सिंह बड़शामी को रादौर प्लिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है और अदालत ने उन्हें दो दिन के प्लिस रिमांड पर भेज दिया है

शेर सिंह बड़शामी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चोटाला के मीडिया सलाहकार और इनैलों सरकार के समय एचपीएसी के सदस्य भी रहे है पंचक्ला में सहायक प्रोफेसर पद के अभ्यार्थियों ने आज हरियाणा लोक सेवा आयोग कार्यालय के समक्ष धरना दिया

बीते तीस सितम्बर को उच्चन्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में भर्ती सम्बधी सभी याचिकाओं का निपटारा भी हो चूका है लेकिन फिर भी आयोग परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा उन्होंने कहा कि जबतक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा

श्रम व निर्माण प्रसंघ के अध्यक्ष एवं कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने हरियाणा के कृषि मंत्री जी पी दलाल को मिलकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया है खाप प्रतिनिधियों के पांच ज्ञापन देने के मौके पर उनहोंने बताया कि उन्होंने देश मे बढ़ रही जनसंख्या को रोकने के लिए दो बच्चों का कानून सख्ती से लागू करने हिंदू मैरिज कानून में संशोधन करने व एक गौत्र व साथ लगते गांव में शादी करने पर रोक लगाने की मांग है इसके अलावा प्रधानमंत्री किसानों की आर्थिक स्थिति का देखते हये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ाने और पर्यावरण व जल बचाओं पर कानून बनाने की मांग भी की गई है रोहतक प्लिस की अपराध जांच शाखा ने भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश लोहार पर जानलेवा हमले के आरोपी आरा निवासी अरूण को गिरफ्तार कर लिया है आरोपी के पाससे दो देसी पिस्तौल व तीन कारतूस भी बरामद किये गये है रोहतक के डीएसपी गोरख पाल ने बताया कि अरूण उर्फ भोला नामक इस अपराधी पर प्लिस ने पचास हजार रूपये का ईनाम घोषित किया था उसके खिलाफ कई अपराधिक मामले दर्ज है अधिकारी ने बताया कि भोला को रोहतक के सिटी पार्क के नजदीक से गिरफ्तार किया गया